इसके अलावा टीटी नगर क्षेत्र में छह और गोविंदपुरा में आठ प्रकरण मिले हैं सभी को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज प्रारंभ किया गया है जिले में कुल मरीजों में से लगभग ग्यारह सौ मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं उज्जैन में भी दो नये मरीजों का पता चला है

मंदसौर में आज एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं बीते दिनों इंदौर से कोरोना संकमण से मुक्त होकर लौटी महिला की दोबारा तवियत बिगड़ने पर उसे दोबारा इलाज के लिए भर्ती किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई

ग्ना में कलेक्टर ने होम कोरेनटीन का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये का जूर्माना और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने निर्देश दिये हैं

मौसम पूर्व अरब सागर पर बने चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बाछल छाये हुए हैं वहीं बीच बीच में कहीं कहीं हल्की बूंदा बांदी भी हुई

सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज अधिकांश जगहों पर बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई वहीं पन्ना में भी आज धूप की आंख मिचौली जारी है मौसम विभाग ने आज उज्जैन इंदौर धार बड़वानी रतलाम झाबुआ हरदा बैतूल राजगढ़ सीहोर गुना ग्वालियर शिवपुरी मुरैना और भिण्ड जिलों में बारिश की संभावना जताई है